गृहमंत्रालय ने कहा है कि एनपीआर में केवल प्रश्नावली होगी जिसका प्रारूप जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा गृह मंत्रालय ने कहा कि कई राज्यों ने एनपीआर के प्रावधानों को अधिसूचित कर दिया है एनपीआर देश के नागरिकों का एक सामान्य रजिस्टर है

असम को इस प्रकिया से बाहर रखा गया है क्योंकि वहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रकिया पहले ही पूरी कर ली गई है

यह सत्र दो चरणों में होगा

इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के कलक्टरों को भी निर्देश दिए हैं कि वे टिड्डी हमले से हुए नुकसान की गिरदावरी रिपोर्ट जल्द भिजवाना सुनिश्चित करें कृछ प्रभावित जिलों ने गिरदावरी रिपोर्ट भेजना शुरू कर दिया है

रिजर्व बैंक ने कहा है कि कार्डधारकों के लिए ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए कि वे आवश्यकता अनुसार अपने कार्डो को भौतिक रूप में या सम्पर्क रहित रूप में लेनदेन के लिए इस्तेमाल में सक्षम बना सकें

इस महीने के अंत तक चलने वाले इस विशेष सतर्कता ऑपरेशन में बॉर्डर पर नफरी बढ़ाई जाएगी केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर विशेष सतर्कता के निर्देश मिले है

भरतपुर के कामा और वैर में ओले भी गिरे बूंदी में भी तेज बरसात से बाजारों में पानी भर गया

धौलपुर जिले में सुबह से ब्रंदाबांदी हो रही है इन स्थानों पर बारिश के बाद सर्द हवाए चलने से ठण्ड का असर और बढ़ गया है